कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खरगोन आएंगे लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में प्रचार अभियान चरम पर सभी दलों के बड़े नेता प्रचार में जुटे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कांताराव ने मंदसौर शाजापुर और आगरमालवा में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल जबलपुर और सागर संभाग में आंधी चलने की संभावना जताई चुनाव प्रचार प्रदेश प्रदेश के मालवा निमाड़ की आठ सीटों इंदौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खंडवा और खरगौन में भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नीमच में रोड शो किया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा धार रतलाम में चुनावी सभाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी खंडवा और खरगोन में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभाएं की वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा संसदीय क्षेत्र के खकनार और पुंजापुर में सभा को संबोधित किया जबकि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी आज मालवा निमाड़ में चुनाव प्रचार किया

विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टॉर प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए देश के विभिन्न भागों में रैलियां आयोजित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार किसानों महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है वहीं चंदौली में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और बिहार के पटना में चुनावी सभाओं को संबोधित किया वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराजगंज में जनसभा को संबोधित किया चुनाव समीक्षा प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने आज मंदसौर शाजापुर और शुजालपुर में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और चुनावी तैयारियों को लेकर उनके सुझाव जाने कांताराव ने चुनाव कार्य में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलते ही उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करे

शुन्य नेटवर्क बूथ खंडवा और बैतूल संसदीय क्षेत्रों में ऐसे कई मतदान केन्द्र हैं जहाँ कोई भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं चुनाव आयोग ने इन्हें शुन्य नेटवर्क कनेक्टिविटी बूथ नाम दिया है

खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने आकाशवाणी को बताया कि इस तरह के हर बूथ में दो धावक तैनात किए जाएंगे

पार्टी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा प्रज्ञा के इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हैं प्रज्ञा ने आज आगरमालवा में रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया था कांग्रेस ने भी इस बयान की निंदा की है पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये बताया जाता है कि पार्टी के निर्देश के बाद साध्वी ने इस मामले में माफी मांग ली है

कंप्यूटर बाबा ने चुनाव के दौरान यहां यज्ञ और हवन पूजन किया था इस मामले में भाजपा की शिकायत पर आयोग ने आयोजन के खर्च और इसमें कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के शामिल होने पर जवाब मांगा था लेकिन आयोग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं था जिसके चलते उप जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर कोहेफिजा थाने में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है डेंगू दिवस राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर प्रदेश के कई स्थानों पर आज स्वास्थ्य जागरूकता कार्यकम आयोजित किये गये जिसमें डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिये किये जाने वाले सतर्कता उपायों की जानकारी दी गई इस अवसर पर नीमच में राष्ट्रीय वेक्टेरिया जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज एक जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें लोगों को डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में बताया गया बैतूल में इस अवसर पर प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को डेंगू के कारण और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई इस अवसर पर लोगों ने स्वच्छता की शपथ भी ली मौसम प्रदेश में मौसम के तेवर तीखे बने हुए हैं और अधिकांष स्थानों पर तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है

उनके बड़े बेटे अभिमन्यु सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी